धान बीज खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने समर्थन मूल्य पर अच्छे किस्म के धान बीजों की खरीदी इकतीस मई तक किए जाने के निर्देश दिए हैं इस संबंध में राज्य के बीस जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है बलौदाबाजार सरगुजा बीजापुर दंतेवाड़ा कोंडागांव नारायणपुर और सुकमा जिले के लिए यह निर्देश जारी नहीं किए गए हैं विभाग के अपर सचिव केके गौतम ने जिला प्रशासन से कहा है कि खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान बीज अच्छी किस्म का होने पर ही खरीदी जाए पंजीकृत किसान समर्थन मूल्य पर अधिकतम पंद्रह क्विंटल प्रति एकड़ धान बीजों की बिक्री ही कर सकेंगे माओवादी सामग्री बरामद आगजनी कोंडागांव जिले के मर्दापाल इलाके में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने हथियार सहित विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान बरामद किए हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और जिला पुलिस बल की टीम ने इस इलाके में माओवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया है इसके तहत मर्दापाल थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में स्थित दुर्गम जंगलों में सर्चिंग अभियान चलाया गया यहां से तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने बारह बोर की एक भरमार बंद्रक पाइप बम चार आईईडी एक सुतली बम और बिजली के वायर सहित अन्य सामग्री बरामद की हैं इधर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में माओवादियों ने पांच वाहनों को आग के हवाले कर दिया मिली जानकारी के अनुसार एटापल्ली तालुका के बरगी थाना क्षेत्र के तहत अमलियारून मंग्था गांव के पास सड़क निर्माण कार्य चल रहा था आज तड़के करीब चार बजे इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में हथियारबंद माओवादी पहुंचे इन माओवादियों ने दो मिक्सर मशीन और रोड रोलर सहित पांच वाहनों में आग लगा दी घटना के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है मतगणना प्रशिक्षण प्रदेश में तीन चरणों में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं आगामी तेईस मई को होने वाली मतगणना के लिए जिला मुख्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसी कड़ी में आज राजनांदगांव में मतगणना के लिए पहले चरण का प्रशिक्षण शुरू हआ यहां कुल चौदह चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा इससे पहले कल जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी नीरज कमार बनसोड़ के निर्देश पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के अभिकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई बैठक में मतगणना के बारे में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई वहीं धमतरी जिले में मतगणना के लिए डेढ़ सौ अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है कल इस कार्य से जुड़े माइक्रो ऑब्जर्वर गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया हाईकोर्ट नान घोटाला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाला मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है एसआईटी के खिलाफ यह जनहित याचिका नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने दायर की है इस मामले की अगली सुनवाई अब आगामी अटठारह जुलाई को होगी गौरतलब है कि राज्य में राईस मिलरों से लाखों क्विंटल खराब चावल लेने और इसके बदले करोड़ों रूपये की अनियमितता करने के मामले में सत्ताईस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है पीईटी पीपीएचटी परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं ने पीईटी और पीपीएचटी प्रवेश परीक्षा के लिए संशोधित प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है अब उम्मीदवार पंद्रह मई को सुबह नौ बजे तक प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे इससे पहले प्रवेश पत्र लेने की अंतिम तिथि बारह मई थी व्यापमं की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कुछ उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं का संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होने की जानकारी दी थी जिसे देखते हए मंडल ने अंतिम तिथि बढ़ा दी है यह प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट सीजी व्यापमं डॉट च्वॉइस डाट जीओवी डॉट इन पर डाउनलोड किया जा सकता है परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ अपना फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र परीक्षा केन्द्र में लाना जरूरी होगा मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा गौरतलब है कि पीईटी और पीपीएचटी प्रवेश परीक्षा इसके पहले दो मई को आयोजित की गई थी लेकिन चिप्स के सर्वर में तकनीकी खराबी आने की वजह से यह परीक्षा अब सोलह मई को होगी

इन परीक्षाओं में लगभग पंचानवे फीसदी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं राज्य संस्कृत विद्यामंडलम् के सचिव डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा ने आज रायपुर स्थित विद्यामंडलम् के कार्यालय में इन परिणामों की घोषणा की नवमीं की परीक्षा में एक हजार नौ सौ उनहत्तर में से नौ सौ पैंतालीस दसवीं में आठ सौ इकतीस में से आठ सौ चौदह ग्यारहवीं में छह सौ उनहत्तर में से छह सौ छप्पन और बारहवीं में पांच सौ इकतालीस में से पांच सौ पैंतीस परीक्षार्थी सफल हुए हैं थल सेना भर्ती रैली छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आगामी एक से दस जून तक थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा यह रैली बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में होगी इसमें शामिल होने के लिए आवेदक सोलह मई तक निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं थल सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के अनुसार थल सेना में लगभग पांच सौ से छह सौ पदों के लिए भर्ती की जाएगी उम्मीदवार चाहे देश के किसी भी संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो लेकिन यदि वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो वह भर्ती रैली में शामिल हो सकता है

गौरतलब है कि यह भर्ती रैली सैनिक सामान्य डयूटी सैनिक तकनीकी सैनिक नर्सिंग सहायक सैनिक लिपिक स्टोर कीपर और सैनिक ट्रेडमेन पदों के लिए आयोजित की जाएगी दर्घटना कवर्धा में एक जीप के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चौदह लोग घायल हो गए हैं इनमें से चार की हालत गंभीर बताई जाती है यह हादसा रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ वहीं जिले के ही पांडातराई में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार तीन लोग घायल हो गए हैं ठगी रायपुर में श्योर मार्ट की फ्रेचाइजी देने के नाम पर करोड़ों रूपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मध्यप्रदेश और बिहार से पकड़े गए इन आरोपियों पर छह सौ लोगों से करीब सौ करोड़ रूपये की ठगी करने का आरोप है पुलिस के अनुसार इन आरोपियों से पूछताछ में कई अन्य मामलों का खुलासा हुआ है इन आरोपियों के अट्ठाईस से अधिक बैंक खातों की जांच कराई जा रही है ये आरोपी लोगों को निवेश करने पर दोगुना मुनाफा देने का झांसा देते थे इनके खिलाफ रायपुर के तीन थानों में मामला दर्ज है लू बचाव राज्य में लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लू से बचाव और उपचार के इंतजाम कर रहा है प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखकर लू से बचाव और उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं उप स्वास्थ्य केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सिविल अस्पतालों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया है बीमारियों के इलाज के लिए सभी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी स्तरों पर गठित रैपिड रिस्पांस टीम को भी सक्रिय रखने को कहा गया है इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लू से बचाव शरीर में पानी की कमी रोकने और गर्मियों में सेहत की देखभाल के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है मौसम इस बीच मौसम विभाग ने बताया है कि आगामी चौबीस घंटों के दौरान बिलासपुर दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी वहीं आगामी अड़तालीस घंटों के भीतर बस्तर बिलासपुर दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ स्थानों पर चालीस किलोमीटर या अधिक गति से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई हैं मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के मद्देनजर राज्य में यलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है हालांकि पूर्वी बिहार के आसपास ऊपरी हवा में बने चक्रवात के असर से कुछ स्थानों के मौसम में बदलाव आने के आसार हैं एक द्रोणिका उत्तरी पूर्वी विदर्भ तक स्थित है इसके कारण राज्य के उत्तरी भाग में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड सकते हैं

तेज हवाएं चलने से क्छ जगहों पर बिजली व्यवस्था बाधित होने के समाचार मिले हैं संक्षिप्त समाचार रायपुर से विशाखापट्नम के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन कल रद्द रहेगी कोरिया जिले के बैकुंठपुर में बीती रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई भीषण गर्मी को देखते हुए धमतरी जिला कलेक्टर रंजत बंसल ने दोपहर बारह से तीन बजे तक भारवाही पश्ञों का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं